प्रधानमंत्री अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों से अपील की है कि वे भारत में स्टार्ट अप के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को सम्बोाधित करते हुए श्री मोदी ने अगले पांच वर्षों में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्रूवस्था बनाने का संकल्प दोहराया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जहां स्टार्ट अप के लिए अनुकूल माहौल है उन्होंने कहा कि भारत की स्टार्ट अप कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश करना शुरु कर दिया है उन्होंने देश की भावी समृद्धि के लिए पांच प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर किया ये हैं टेक्नोंलॉजी का प्रभाव बुनियादी ढांचे का महत्व मानव संसाधन पर्यावरण की देखभाल और व्यापार अनुकूल शासन प्रधानमंत्री ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की भी जानकारी दी

श्री मोदी सउदी अरब की अपनी सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गये हैं एमपी स्टीम कान्फ्रेंस भोपाल के मिंटो हॉल में आज से दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति स्टीम यानी सांइस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्टस और मैथ्स पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

अमेरिका से प्रारंभ हुई स्टीम शिक्षा पद्धति को विश्व के प्रमुख देशों रूस फिनलैंण्ड ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया द्वारा अपनाया गया है दरअसल मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के लिये किये जा रहे प्रयासों के तहत मध्यप्रदेश स्टीम कान्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है स्टीम शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बच्चों को छोटी कक्षा से ही विज्ञान और तकनीक के साथ कला और गणित से जोड़ना है ताकि बच्चों में कल्पना शक्ति के साथ ही विषयगत दक्षताओं का भी विकास हो सके वे हाईटेक नॉलेज प्राप्त कर सकें और उनमें े सीखने की प्रवृति का विकास हो सके कमलनाथ इससे पहले कल मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश की स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसमें सुधार के हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वे कल मुख्यमंत्री निवास पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा कर रहे थे बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती भी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए मध्यप्रदेश आरोग्यम प्रदेश में लोगों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केन्द्रों को मध्यप्रदेश आरोग्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज और केंसर जैसी बीमारियों की समय पूर्व पहचान नियंत्रण एवं उपचार भी इन संस्थाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है

मक्का सोयाबीन मूंग उड़द अरहर मूंगफली कपास तिल और रामतिल उत्पादक किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों को भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं संकल्प यात्रा सतना सांसद गणेश सिंह की अगुवाई में निकाली जा रही गांधी संकल्प यात्रा कल जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हुई इस दौरान रामनगर में सभा को संबोधित करते हुए सांसद श्री सिंह ने कहा कि गांधी संकल्प यात्रा के माध्यम से फिर एक बार करोड़ों लोगों के बीच में गांधी जी के दर्शन तथा विचारों पर चर्चा शुरू हुई है उन्होंने कहा कि जिले में लाखों लोगों से सीधा संपर्क हुआ और एक सकारात्मक सोच पैदा हुई है

ब्राजील में मातृ दुग्ध बैंक की सफलता से प्रेरित होकर भारत ने भी ऐसा ही व्यापक नेटवर्क बनाने का फैसला किया है स्वास्थ और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ब्राजील में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ मंत्रियों के सम्मेलन से लौटने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सदस्य देशों ने शिश् मृत्यु दर कम करने नवजातों को मां का दूध और सस्ती दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए समन्वित प्रयासों का निर्णय लिया है श्री चौबे ने ये भी बताया कि सदस्य देशों ने व्यापक स्वास्थ कवरेज़ के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सराहना की है

बीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कल यह जानकारी दी दोनों देशों का यह पहला डे नाइट टेस्ट मैच होगा इसी के साथ ईडन गार्डन्स डे नाइट टेस्ट का आयोजन करने वाला देश का पहला स्टेडियम बन जायेगा श्री गांगुली ने बांग्लादेश किकेट बोर्ड के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए यह बेहतरीन मौका है

मौसम करीब पांच माह से बारिश से भीग रहे मध्यप्रदेश में दो दिन बाद मौसम के साफ होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक उदय सरवटे ने बताया कि प्रदेश में कल भी होशंगाबाद संभाग में कहीं कहीं और कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई उन्होंने बताया कि कल से उत्तरी हवाएं चलने लगी है और मौसम के साफ होते ही सर्दी का अहसास होगा

जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया